इसलिए सभी श्रोताओं से अधील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उ ायों का शालन करें

राजनाथ कोविड सरकार ने रक्षा विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और आयुध फैक्टरी बोर्ड से संबंधित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों को कोविड से संक्रमित स्थानीय लोगों को चिकित्सा सेवाएं देने की अन्मति प्रदान कर दी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रालय और सशस्त्र सेनाएं सिविल प्रशासन को हर संभव सहायता देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और तीनों सेनाएं विभिन्न उप्रायों की प्रगति प्रर निगरानी रख रही हैं प्रधानमंत्री मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अ ने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कडी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क र प्रसारित किया जाएगा

केन्द्र राज्य टीकाकरण केन्द्र सरकार ने मप्र सहित सभी राज्यों को एक मई से आरंभ होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण में जीकरण के लिए अतिरिक्त निजी कोविड टीका केन्द्र स्थाप्रित करने को कहा है केन्द्र ने कहा है कि इसके लिए निजी अस्पतालों औद्योगिकी संस्थानों और उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है राज्यों को लंबित ंजीकरण की निगरानी प्रक्रिया और आवेदनों के समन्वय के लिए एक उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी है

उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा होगा इस योजना के तहत जमीन के मालिकों के वास्तविक भू क्षेत्र के आकलन के लिए हली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है

कटनी जिले में पिछले क्छ दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है

छिंदवाड़ा जिले के अग्रणी ीजी कॉलेज को कोविड केयर सेंटर बनाने की कवायद श्रू हो गई है शिव री में सांसद केपी यादव ने पीपीपी किट हनकर आईसीयू वार्ड में भर्ती कोरोना मरीजों से म्लाकात की सतना कलेक्टर अजय कटेसरिया रोजाना जिले के अस्पतालों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं खण्डवा में लायन्स क्लब द्वारा जिला चिकित्सालय में निश्ल्क भोजन वितरित किया जा रहा है

देवास जिले की प्रभारी मंत्री स्श्री उषा ठाक्र ने कलक्ट्रेट सभागार में कोरोना नियंत्रण के उप्रायों की समीक्षा की हाईकोर्ट आदेश प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति शर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और संजय दविवेदी की डिवीजन बेंच ने एक मामले में सूनवाई करते हए माना है कि मौजूदा कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों से स्थष्ट है कि जल्द हालात सामान्य नहीं होगें

विधायक निधन प्रदेश अलीराज र जिले की जोबट विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया का निधन हो गया है कलावती भूरिया कोरोना संक्रमित थीं

मौसम प्रदेश में फिलहाल कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं होने और हवाओं का रुख बदलने से वातावरण में नमी कम हो गई है जिसके चलते राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में ता मान बढ़ गया है मौसम विभाग के अन्सार अभी चार ांच दिन तक मौसम शुष्क रहने के आसार हैं इस दौरान ता मान में धीरे धीरे और बढ़ोतरी होने की संभावना है

उसके प्रभाव से मौसम के मिजाज में क्छ बदलाव होगा आई ीएल आईपीएल क्रिकेट में आज म्ंबई के वानखेडे स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से राजस्थान रॉयल्स का म्काबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा

राजस्थान ने चार मैच खेले हैं जिनमें उसे भी एक जीत और तीन में हार मिली है और वह तालिका में सबसे नीचे आठवें स्थान प्र है